राज्य विधानसभा का आपात सत्र बुलाने के मुद्दे पर राज्यपाल को नया प्रस्ताव भेजने के लिए आज शाम राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई

इससे पहले कल रात को भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें राज्यपाल की ओर से विधानसभा का सत्र आहूत करने के बारे में किये गये कुछ सवालों के प्रतिउत्तर के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया देर रात हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छह बिन्दओं पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किया गया गौरतलब है कि प्रदेश में जारी सियासी संकट पर राज्यपाल क राज कि राज के कल रात एक बयान जारी कर कहा था कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है इस बयान में राज्य सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बुलाए जाने के लिए सौंपी गई पत्रावली में पायी गयी कभियों का भी उल्लेख किया था

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे मुलाकात के बाद पत्रकारो से बातचीत करते हुये प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचन्द कटारिया ने कहा कि संवैधानिक पद के प्रति सरकार और मुख्यमंत्री का रवैया आपत्तिजनक रहा है

इस बैठक में सरकार को समर्थन कर रहे कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों के विधायक तथा निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों से हर स्थिति के लिए तैयार रहने का आहवान किया रॉज्य सरकार के ँखिलाफ कथित षडयंत्र को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज सभी जिलों में धरना भी दिया

उधर बीकानेर में कोरोना संकमण के बढते मामलों के मददेनजर शहर के आधे हिस्से में लगाये गये कर्फ्यू के बाद अब बाजारों को चरणबद्व रूप से खोला जा रहा है

टीम इंचार्ज डॉ रोहिताश गुर्जर और टीम के सदस्यों ने मरीज को माला पहनाकर सम्मान सहित घर भेजा जयपुर कमिश्नरेट की ओर से कोरोना संकमण के मददेनजर अनावश्यक और बिना कारण आवाजाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा

आकाशवाणी डीडी न्यूज पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा

जालौर जिले के पाचाराम ने बताया कि यह योजना उनके जैसे गरीबों के लिये फायदेमंद है

श्री मिश्र ने आज इस संबंध में आदेश जारी किये प्रोफेसर सिंह वर्तमान में आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति हैं

एसओजी टीम ने जिले के सिकन्दरा नाके पर एक वाहन की तलाशी में ये गांजा पकड़ा

वहीं सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा में कोजरा नदी के नजदीक से पुलिस और प्रशासन ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई की